इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि श्री सिधिया को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निकाल दिया गया है वहीं श्री सिंधिया के समर्थन में विधायक और पदाधिकारी भी इस्तीफा दे रहे हैं

उधर ग्वालियर चंबल क्षेत्र के कांग्रेसी नेता भी श्री सिधिया के समर्थन में इस्तीफा दे रहे है राज्यपाल लालजी टंडन भी अपनी छुटिटयां बीच में खत्म कर आज शाम तक भोपाल आ रहे है विशेषज्ञों का कहना है कि शाम तक स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी उधर बदलते राजनीतिक घटनाकम पर चर्चा के लिये भोपाल में बैठके हो रही है भोपाल में भाजपा कार्यालय में चल रही बैठक में शिवराज सिंह चौहान विष्णुदत्त शर्मा और विनय सहस्त्रबद्धे सहित कई वरिष्ठ नेता भविष्य की रणनीति पर विचार कर रहे है पटवारी बाला बच्चन सज्जन सिंह वर्मा सुरेन्द्र सिंह बघेल और अन्य नेता भोपाल में कमलनाथ के आवास पर मौजूद थे जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री के घर पर एकत्रित है

होली आज रंगों का पर्व होली है प्रदेश भर में होली के इस पर्व पर सुबह से ही लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर गले मिल कर होली की बधाई और शुभकामनाए दे रहे हैं राजधानी भोपाल में सुबह से ही हुरियारों की टोली सड़को पर निकली है जगह जगह एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाईयां दी जा रही है कोरोना वायरस के चलते कई जिलो में लोगों ने सुखी होली खेलने की अपील की है आगरमालवा सतना जिले में लोग सूखे रंग एक दूसरे को लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे है इसके साथ ही विभिन्न समाजजनों द्वारा गेर निकाल कर लोगों के घर घर जाकर होली का रंग गुलाल डाल रहे है इससे पहले बीती रात प्रदेश में शुभ मुहर्त में होलिका दहन की गई खास बात यह रही कि इस बार ज्यादातर जगहों पर होलिका दहन में लकड़ी के बजाय गौकाष्ठ और कंडों का इस्तेमाल किया गया होलिका दहन के साथ ही रंगों का पर्व होली शुरू हुआ जो पांच दिनों तक चलेगा उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाबा महाकाल मंदिर में सबसे पहले होलिका दहन हुआ इसके बाद मंदिर परिसर में भक्तों ने एक दूसरे पर रंग गुलाल और अबीर डालकर होली की शुभकामनाएं दीं आज सुबह यहां विशेष भस्म आरती भी हुई उधर इंदौर में होलकर वंश की परम्परा अनुसार राजबाड़ा पर विधि विधान से होलिका का दहन किया गया होलिका दहन प्रलिस महानिदेशक राजेन्द्र कुमार ने लोगों से शांति सद्भाव एवं आपसी भाई चारे के साथ होली पर्व मनाने की अपील की है विदिशा सहित अन्य जिलों में प्रशासन ने शांति और सद्भाव के साथ होली मनाने के व्यापक प्रबंध किये हैं शाजापूर जिले में होली दहन के बाद आज सुबह से ही लोग रंग खेलने लगे हैं छिंदवाड़ा जिले में भी विभिन्न रीति रिवाजों और परम्पराओं के साथ होली का पर्व मनाया जा रहा है अशोकनगर धार मंडला उमरिया में आज धुलेड़ी खेली जायेगी इस दौरान यहां चल समारोह और गेर निकाली जायेगी शिवपुरी होशंगाबाद आगर मालवा रतलाम खंडवा मंदसौर सिवनी नरसिंहपुर भिण्ड और मुरैना सहित सभी जिलों में होली का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है मौसम मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते बन रहे चक्रवात के कारण आज कहीं कहीं ओले गिरने की संभावना व्यक्त की है विभाग के अनुसार ग्वालियर चंबल रीवा सागर और जबलपूर संभाग में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है राजधानी सहित प्रदेश में मौसम का रुख एक बार फिर बदल गया है ठंडी हवाएं चलने के बाद सुबह और शाम राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में ठंड का अहसास हो रहा है उधर इंदौर में भी कल दिन भर ठण्डी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई वहीं देर रात कुछ स्थानों पर हल्की बूंदा बांदी हुई वहीं सिवनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज तड़के रुक रुककर बारिश हो रही है सतना जिले में तापमान गिरने और बादलों के जमाव से किसानों की चिंता बढ़ गयी है